आज असम के कोकराझार में बोडो समझौते के बारे में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह समझौता समुचे पूर्वोत्तर के लिए एक नई शरूआत है

प्रधानमंत्री के साथ असम के मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे त्रिपक्षीय बोडो समझौते पर पिछले महीने की सत्ताईस तारीख को केन्द्र असम सरकार और प्रतिबंधित उग्रवादी गट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे इस समझौते का लक्ष्य असम के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक बोडो समूदाय को राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्रदान करना है लखनऊ में चल रही रक्षा प्रदर्शनी दो हजार बीस के तीसरे दिन आज प्रदेश सरकार और विभिन्न कम्पनियों के बीच तेईस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए बंधन नाम के इस समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित थे मुख्यमंत्री ने कहा कि तेईस समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर पवास हजार करोड रूपये के निवेश को आकर्षित करेंगे बाद में मीडिया को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का सर्वश्रे ठ मूलभूत संरचना वाला प्रदेश है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में भी सक्रिय योगदान देने की दिशा में आगे बढ रहा है इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सरकार की नीतियों का असर दिखने लगा है उन्होंने आशा जतायी कि देश वर्ष दो हजार चौबीस तक रक्षा निर्यात को पांच अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा श्री सिंह ने कहा कि आज बंधन समारोह में किए गए समझौता ज्ञापन देश में रक्षा औद्योगिक आधार को और सुदृढ़ करने में उपयोगी साबित होंगे रक्षा मंत्री ने कहा कि दो हजार अट्ठारह उन्नीस में रक्षा क्षेत्र की कंपनियों का उत्पादन अस्सी हजार करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है उन्होंने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र का योगदान साठ हजार करोड़ रुपये का है श्री सिंह ने कहा कि यह आंकड़े रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के महत्व को दर्शाते हैं उन्होंने कहा कि रक्षा प्रदर्शनी में सार्वजनिक उपक्रमों से रक्षा उत्पादन से जुड़े सौ से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह निर्भया सामूहिक दृष्कर्म और हत्या मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय ने इस मामले में चारों दोषियों की फांसी पर रोक लगाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी न्यायालय ने कोन्द्र सरकार के वकील तुषार मेहता के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने चारों दोषियों को नोटिस जारी करने की बात कही थी मेहता ने न्यायालय से यह भी कहा कि इस मामले में देश के धैर्य की परीक्षा हो रही है और न्यायालय को इस बारे में कोई दिशा निर्देश तय करने चाहिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने स्पष्ट किया है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे राज्यसभा में प्रक प्रश्न के उत्तर में श्री पासवान ने कहा कि परे देश में खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी के लिए पुराने कार्ड ही चलेंगे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य के आठ हजार किसानों को जल्द ही कृसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप दिए जाएंगे श्री ाही ने कहा कि इसके लिए लामार्थी किसानों के चयन की प्रक्रिया रू की जा रही है

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉफ्रेंस की मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छता की कुछ आदतें इस वायरस के जोखिम को कम कर सकती हैं मंत्रालय ने लोगों से साबून और पानी या एल्कोहल वाले घोल से बार बार हाथ धोने के लिए कहा है खांसते या छींकते समय टीश्यू से मुंह और नाक को ढकने की सलाह दी गई है और जिन लोगों को बूखार या जूकाम है उनसे दूरी बनाए रखने को कहा गया है मंत्रालय ने लोगों से जंगली और खेत के जानवरों से बचने को भी कहा है जनपद बलरामपुर में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज धर्मगुरुओं और मीडिया के लिए संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में धर्म गरुओं से लोगो को फाइलेरिया की दवा खाने के लिए प्रेरित करने की अपील की गयी साथ ही मीडिया से फाइलेरिया के प्रति जनजागरूकता बढाने में सहयोग करने का भी आहवान किया गया जनपद में सत्रह फरवरी से उन्तीस फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का अभियान चलायेगा उप मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है जिससे बचाव के लिए दवा खाना आवश्यक है